मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पार्क में तीन वर्षा शालिकाएं व तीन वॉच टावरों के निर्माण के अलावा तीन पिकनिक स्थल भी विकसित किए जाएंगे इससे पहले जयराम ठाकुर ने मेरा वृक्ष मेरा परिवार वनीकरण कार्यक्रम के तहत अनाडेल सड़क के किनारे पौधरोपण भी किया

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि मित्र समझ कर एक वृक्ष लगाएं तथा इसकी देखभाल भी सुनिश्चित करें शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विद्यार्थियों को वृक्षारोपण के लिए आगे आना चाहिए इस अवसर पर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि शिमला शहर में वृक्षारोपण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा पर्वतारोहण अभियान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने उत्तरी सीमा पर्वतारोहण अभियान को आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस क्षेत्रीय मुख्यालय तारादेवी शिमला से रवाना किया

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अभियानों से जवानों में नेतृत्व व आत्मविश्वास के साथ साथ कठिन परिस्थितियों में कार्य करने का प्रशिक्षण मिलता है उन्होंने कहा कि ये अभियान पर्यावरण व स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा जयराम ठाकुर ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा हाल ही में किन्नौर जिले की सांगला घाटी के नागस्ती में किए गए बचाव कार्यो की भी सराहना की उन्होंने कहा कि यह बल प्राकृतिक आपदाओं के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

उन्होंने कहा कि सात वर्ष की अवधि वाली इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सेब के फलों की गुणवत्ता व पैदावार में वृद्धि लाने के साथ साथ विपणन की बेहतर व्यवस्था और सेब बागीचों का जीर्णोद्वार करना भी है महेंद्र सिंह ठाक्र ने धीमी गति से चल रहे परियोजना के कार्य पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को संबंधित कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि परियोजना के एक एक पैसे का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए और प्रगति व परिणाम जमीनी स्तर पर दिखने चाहिए मुख्य सचिव मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने अधिकारियों को जनमंच कार्यक्रम में लोगों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न शिकायतों व समस्याओं का निपटारा प्रदेश सरकार द्वारा जारी मापदंडों के अनुसार करने के निर्देश दिए हैं सिरमौर जिले के नाहन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार द्वारा जनमंच के लिए जारी की गई निर्देशिका का गंभीरता से अध्ययन कर जन समस्याओं को निपटाएं विनीत चौधरी ने कहा कि शिकायतों के समाधान के बारे में संबंधित व्यक्ति को निर्धारित समय में लिखित व मौखिक रूप में अवगत करवाया जाए मुख्य सचिव ने सिरमौर के उपायुक्त को जनमंच कार्यक्रम के दौरान लोगों के किसान क्रैडिट कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए ताकि किसानों को केसीसी बनाने के लिए बैंकों के चक्कर न काटने पड़े कार्यशाला केंद्र सरकार की मातृवंदना योजना के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को जागरूक करने के लिए सोलन में आज एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान ने बताया कि सभी पात्र महिलाओं तक इस योजना को पहंचाने के लिए कार्यकर्त्ताओं को जागरूक किया गया ताकि गरीब महिलाएं लाभान्वित हो सके डेंगू बिलासपुर के उपायुक्त विवेक भाटिया ने सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र के तहत आने वाली ऐसी पंचायतों को चिन्हित करने के निर्देश दिए है जहां डेंगू के पनपने की अधिक संभावनाएं हैं बिलासपुर में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के साथ मिलकर डेंगू नियंत्रण कमेटी गठित की जाए

बोर्ड के सचिव के अनुसार जिन उम्मीदवारों को अभी तक रोल नम्बर नहीं मिले हैं वे बोर्ड की वेबसाइट से भी अपने रोल नम्बर डाउनलोड कर सकते हैं